मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में यह धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वह बर्बाद हो जायेगा लोग यह भी मानने लगे थे कि सबकुछ बदल सकता है लेकिन राजनीति नहीं बदलती लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है ईमानदारी और अच्छा कार्य करना आज की राजनीति के लिए पहली अनिवार्य शर्त बन गये हैं बाइट आज देश की जनता देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं ईमानदार लोगों को मौका देते हैं देश की सामान्य जनता ईमानदार समर्पित सेवाभावी राजनीति में आये हुए लोगों के साथ डटकरके खड़ी रहती है ऑनेस्टी और परफोर्मेंस आज राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और जो देश में जो जागरूकता आई है न उसने ये दबाव पैदा किया है भ्रष्टाचार जिनकी लिगेसी थी उनका भ्रष्टाचार ही आज उनपर बोझ बन गया है और ये देश की सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है

देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी राजनीति को युवाओं की आवश्यकता है और राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है नौजवानों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं आये तो वंशवाद की राजनीति के जहर से लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा

इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करे देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाये इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना ह और बेहतर व्यक्तियों के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है बाइट आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडीव्यूजअल्स के निर्माण पर है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण ये पॉलिसी युवाओं की इच्छा यवाओं के कौशल युवाओं की समझ युवाओं के फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है अब चाहे जो सब्जेक्ट चुनिये चाहे जो कम्युनेशन चुनिये चाहे जो स्ट्रीम चुनिये एक कोर्स को ब्रेक देकर आप दूसरा कोर्स शुरू करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं अब ये नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो मेहनत की थी वो बेकार हो जायेगी आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट भिल जायेगा जो आपको आगे ले जायेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है जिसमें युवाओं को जीवन में अच्छ अवसर प्राप्त हों उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छूक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए क्रषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मूख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है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

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की साढ छप्पन लाख खुराक को लेकर आज एयर इंडिया स्पाइसजेट गो एयर और इंडिगो की नौ उड़ानें दिल्ली चेन्नई कोलकाता गुवाहाटी शिलांग अहमदाबाद हैदराबाद विजयवाड़ा भुवनेश्वर पटना बेंगलुरू लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई

कोविड वैक्सीन की आपूर्ति आज से प्रदेश में शुरू हो गई है प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आज लखनऊ में बताया कि एक लाख साठ हजार वैक्सीन की पहली खेप आज लखनऊ में प्राप्त हो गई है उन्होंने बताया कि ग्यारह लाख वैक्सीन की आपूर्ति होनी है वैक्सीन को आवश्यकतानुसार कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न केन्द्रों पर भेजने की व्यवस्था की गई है आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमूख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय अध्यात्म वेदांत और योग से परिचित कराया स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर कोलकाता में स्वामी विवेकानंद की जन्म स्थली पहुंच कर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की श्री मौर्य ने कहा कि स्वामी जी का पूरा जीवन ही एक सन्देश है वह विशेषकर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं उनका जीवन दर्शन देश ही नहीं दुनिया के लिए आज भी अनुकरणीय और प्रासंगिक है उधर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अमरोहा जनपद में कई स्थानों पर उनके चित्र पर मार्ल्यापण और गोष्ठियों का आयोजन किया गया इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने एक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

स्कूलों में खेलकूद के कार्यकम आयोजित किये गये प्रदेश में एवियन एन्फ्लूएन्जा बर्ड फ्लू से निपटने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है कल मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई

उन्होंने कहा कि जनता को यह बताया जाये कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं श्री तिवारी ने कहा कि मृत पक्षियों की सूचना आम लोगा द्वारा आपातकालीन नम्बर और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दी जा सकती है

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के दस हजार पांच सौ साठ सकिय मामले हैं जिनमें चार हजार अट्ठारह होम कोरेनटाइन हैं और इलाज करा रहे हैं एक हजार बारह निजी चिकित्सालयों में भर्ती हैं शेष का सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है